इसके अलावा मुख्यमंत्री संगड़ाह में मिनी सचिवालय भवन का उदघाटन भी करेंगे कौमी एकता साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को मजबूत करना है इस सप्ताह का आयोजन देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने के उद्देश्य से किया जाता है एक सप्ताह के कार्यकमों के तहत आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है जंयती आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जा रही है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं जनजातीय जिला लाहुल स्पिति और किन्नौर सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचापत्रों ने अमृतसर में हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है अमृतसर में निरंकारी भवन पर ग्रेनेड फेंका तीन की मौत हमले के बाद हिमाचल में भी हाई अलर्ट पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में सुरक्षा बढ़ाई संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर सीमाएं सील दैनिक जागरण के अनुसार तीन नकाबपोश बाईक सवारों ने अंजाम दी वारदात पंजाब और जम्मू समेत हिमाचल में हाई अलर्ट जबकि आपका फैसला का कहना है अमृतसर ग्रेनेड अटैक का अब कांगड़ा कनेक्शन निकल कर आ रहा सामने केंद्र ने भी बैठाई छात्रवृति घोटाले पर जांच शीर्षक से अमर उजाला ने खबर दी है एफआईआर दर्ज होते ही हिमाचल सरकार ने दस्तावेजों के साथ सीबीआई को भेजी फाईल दैनिक जागरण का शीर्षक है मेधावी विद्यार्थियों के करोड़ों रुपये हड़पने वाले नपेंगे शिमला में अढ़ाई मंजिल से ऊपर भवन निर्माण पर लगी रोक हटाने के सम्बंध में दिव्य हिमाचल ने खबर दी है एनजीटी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार बीड़ी सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है पंचायत सचिव व आयुक्तों को मिली पंजीकरण व चालान की शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले से ज़ुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उठाई पालकी झांकियों ने मोहा मन आपका फैसला के मुताबिक परशुराम पालकी की पूजा अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला शुरू दैनिक भास्कर लिखता है वीरभद्र सिंह नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव वहीं दिव्य हिमाचल के मुताबिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे वीरभद्र सिंह अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय सुध बुध न खोएं में लिखता है कि हिमाचल में ठगी के मामले निरंतर बढ़ने का कारण लोगों का जागरूक न होना है इसके लिये हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि इंडियन टक्नोमेक व छात्रवृति के घोटाले में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है उम्मीद है जल्द ही सच्चाई सामने आएगी